श्योप्र सहित कई जिलों में कैदियों को रिहा भी किया जा चुका है

राज्य में कैदियों को लाक डाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की नियत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए रिहा किया जा रहा है

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने लॉकडाउन बढाने की मीडिया में आई खबरों का खंडन किया कैबिनेट सचिव ने इन खबरों को खारिज किया है और कहा है कि ये सब खबरें बेब्नियाद हैं मीडिया की खबरों में दावा किया था कि लॉकडाउन का समय समाप्त होते ही सरकार इसे बढा देगी

इस मौके पर म्ख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों से कहा कि संकट के इस समय के दौरान सरकार उनके साथ खड़ी है वे बस लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में ही रहें

प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिये समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे संगठनों को प्रतिनिधियों से यह बात कही

श्री मोदी ने कहा कि वायरस के संक्रमण की च्नौती से निपटने के लिए पूरे राष्ट्र ने अत्यधिक धैर्य और सहनशीलता दिखाई है प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि ऐसे संगठनों को गरीबों की ब्नियादी जरूरते पूरी करने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए बायोमैट्रिक हाजिरी सरकार ने आज सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बायोमैट्रिक हाजिरी लगाने की अगले आदेश तक छूट दे दी है

बीएनएनएल कोरोना संक्रमण के दौरान पूरे प्रयास कर रहा है ताकि इस दौरान सबका फोन सम्पर्क बना रहे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आकाशवाणी से बातचीत में इंदौरवासियों से पूर्णत लॉकडाउन में मदद की अपील की है

बाहर से जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन कराया जाएगा उधर म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आम लोगों से मिलकर उन्हें जागरूक बनाने के अभियान के तहत कल भेल और प्राने भोपाल का दौरा कर कामकाजी महिला हॉस्टल देखा म्ख्यमंत्री ने भोपाल के आईटीआई महिला छात्रावास भी गए उन्होंने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है कोरोना से लड़ाई हम जीत जाएंगे बाद में म्ख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भोपाल स्मार्ट सिटी में बनाये गये राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया वहींराज्यपाल लालजी टंडन ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से प्रदेश के क्लपतियों से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की शिवपुरी से अच्छी खबर है जहां एक कोरोना पॉजीटिव मरीज अब स्वस्थ है शिवप्री सीएमएचओ ने बताया है कि आज आई उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव है

जिला कलेक्टर ने इनको जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए उन राज्यों के स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया है उधर नीमच जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं बाहर से आए मजदूरों के रुकने के लिए होटलों मैरिज गार्डनों में शिविर बनाए गए हैं जहां इन्हें रखा जाएगा छिंदवाड़ा जिले में दीनदयाल रसोई के जरिए विभिन्न संगठनों दवारा गरीबों को निशुल्क भोजन मुहैया कराया जा रहा है

गुना जिले में उचित मुल्य की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं झाब्आ जिले में पांच स्थान क्वॉरंटाइन केंद्र बनाए गए हैं उधर सतना में कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी किराएदारों से मकान खाली कराने के लिए दबाव न बनाए

पन्ना जिले में सब्जी उत्पादन किसानों को सब्जी के परिवहन की छूट दी गई है इस संबंध में सहायक संचालक उदयान ने बताया कि राज्य शासन दवारा सब्जी उत्पादक किसानों के सब्जी के परिवहन पर कोई रोक नही लगाई गई है डिंडोरी में सात ब्लाक स्तरीय क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं हेल्पलाइन नंबर प्रदेश में कोरोना वायरस पके संक्रमण पर नियंत्रण और बचाव कार्य के लिए राज्य स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम एवं कॉल सेंटर के नंबर जारी किए गए हैं ये नंबर आम लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं

मौसम छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे क्षेत्र में एक ट्रफ लाइन के प्रभाव से प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है भोपाल मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक उदय सरवटे ने बताया कि आज छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट मंडला डिंडौरी अनूपप्र सीधी सिंगरौली सीहोर बैतूल ब्रहानप्र एवं खंडवा जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक की स्थिति सामने आने की संभावना है इन जिलों में कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती है

चार अप्रैल तक तीन लाख किट और उपलब्ध हो जाएंगी